प्रदेश में अब तक चार लाख अड़तालीस हजार से अधिक लोगों को दिये जा चुके हैं कोविड के टीके

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

उन्होंने कहा कि इसके तहत शरणार्थी का दर्जा प्राप्त लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की जायेगी श्री शाह पश्चिम बंगाल के उत्तरचौबीस परगना जिले में एक रैली को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो वादा किया था उसे पूरा किया जायेगा गृह मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सीएए से देश में मुसलमानों की नागरिकता प्रभावित नहीं होगी केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि देश में जुलाई तक कोरोना के आठ नये वैक्सीन उपलब्ध हो जायेंगे श्री चौबे पटना एम्स में को वैक्सीन ट्रायल में शामिल स्वयं सेवकों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि भारत ने कोरोना की स्थिति पर जिस तरह नियंत्रण पाया है उसकी पूरे विश्व में सराहना हो रही है कोविड टीके की पहली खुराक लेने वाले लाभार्थियों को कल से वैक्सीन की द्रसरी डोज दी जायेगी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में राज्यों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये हैं गौरतलब है कि कोविड टीके की दो खुराके लेनी आवश्यक है पहली खुराक के अट्ठाईस दिनों के बाद टीके की दूसरी खुराक दी जाती है इसके बाद ही शरीर में कोविड के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है प्रदेश में अब तक चार लाख अड़तालीस हजार चार सौ छियालीस लोगों को कोविड के टीके दिये जा चुके हैं कल सत्रह हजार नौ सौ सत्तर लोगों का टीकाकरण हुआ जिसमें दो सौ पचासी स्वास्थ्यकर्मी और सत्रह हजार छह सौ पचासी अग्निम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखा है इधर विभाग ने कोविड टीकाकरण से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हेल्प लाईन नम्बर एक शून्य चार जारी किया है लोग इस नम्बर पर कॉल कर अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं

एक दिन में एक सौ तेरह मरीजों को उपचार के बाद छूट्टी दी गई जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या दो लाख उनसठ हजार तीन सौ सैंतालीस हो गई है वहीं इसी अवधि में सतावन नये मामलों की भी पुष्टि हुई जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा दो लाख इकसठ हजार पांच सौ अड़सठ हो गया है वहीं पिछले चौबीस घंटे में एक व्यक्ति की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक हजार पांच सौ इक्कीस हो गई है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या छह सौ निन्यानवे है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्कूलों में एक अप्रैल से नया सत्र शुरू करने का फैसला किया है बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं उन्होंने बताया कि सभी स्कूलों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुये समय पर नया सत्र शुरू करने को कहा गया है श्री भारद्वाज ने बताया कि नये सत्र में फेस टू फेस पढ़ाई के लिए हर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का स्कूलों को निर्देश दिया गया है शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद ही पांचवी से नीचे की कक्षाओं को संचालित करने पर फैसला किया जायेगा पदभार ग्रहण करने के बाद श्री चौधरी ने कहा कि स्कूल खोलने से अधिक महत्वपूर्ण बच्चों का स्वास्थ्य है और इससे कोई समझौता नहीं होगा मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि अब उत्पाद न्यायालय में चल रहे मामलों की जानकारी ऑनलाईन उपलब्ध रहेगी पदभार ग्रहण करने के बाद विभागीय समीक्षा बैठक में श्री कुमार ने इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्तन विभाग के मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा है कि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए शहरों में साईकिलिंग ट्रैक बनाये जायेंगे विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने दिल्ली के तर्ज पर प्रद्षण समाप्त करने वाले स्मॉग टावर लगाने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया केन्द्र सरकार ने इकतीस मार्च तक जन धन खाता को आधार संख्या से लिंक कराने की समय सीमा निर्धारित की है जिन मामलों में पैन की आवश्यकता होगी उस खाते को पैन से जोड़ने को भी कहा गया है ऐसा नहीं करने पर खाताधारकों को सरकार की ओर से मिलने वाली कई सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए एक हेल्प लाईन नम्बर जारी किया है लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य तीन चार पांच सात दो चार तीन पर चुनाव से जुड़ी किसी प्रकार की शिकायत या सुझाव दे सकते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने पटना एम्स के पास सेवा सदन का शिलान्यास किया इस प्रस्तावित भवन में एम्स में इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के लिए आवासीय व्यवस्था रहेगी समारोह को संबोधित करते हुये श्री भागवत ने कहा कि संघ पूरी मानवता को अपना कुटुम्ब मानकर सेवाकार्य के लिए प्रतिबद्ध है आईआरसीटीसी रक्सौल से दक्षिण भारत के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन का परिचालन करेगा यह ट्रेन बारह मार्च को रक्सौल से खुलेगी और पटना मोकामा होते हुये तिरूपति मद्रई रामेश्वरम कन्याकुमारी त्रिवेन्द्रम और पुरी जायेगी तेरह दिन बाद पच्चीस मार्च को ट्रेन वापस लौटेगी आईआरसीटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि पूरी यात्रा के लिए तेरह हजार दो सौ तीस रूपये देने होंगे इस पैकेज में यात्रा के साथ साथ रहने खाने पीने और घूमने की सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी प्रदेश में पहली बार दिल्ली के तर्ज पर पटना नगर निगम क्षेत्र में तीन मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना होगी निगम की मेयर सीता साहू ने स्थायी समिति की बैठक में यह जानकारी दी गांवों में पेयजल की बर्बादी को रोकने के लिए निगरानी टीमों का गठन किया जायेगा हर घर नल का जल योजना के अन्तर्गत वार्ड प्रबंधन और क्रियान्वयन समिति इस टीम का गठन करेगी इसे लेकर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और पंचायती राज विभाग ने संयुक्त रूप से दिशा निर्देश जारी किये हैं निगरानी समिति में वार्ड की महिलाओं और युवाओं को शामिल किया जायेगा जो लोगों को पेयजल की बर्बादी रोकने के लिए प्रेरित करेंगे प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है धूप खिली रहने से ठंड में कमी आयी है

चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आधी सजा काट लेने का हवाला देते हुये जमानत याचिका दायर की है राजद अध्यक्ष का अभी दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा है विमानन कम्पनी इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रूपेश सिंह हत्याकांड में गिरफ्तार ऋतु राज को मुख्य आरोपी बनाया गया है आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेने के लिए पटना स्थित एक अदालत में पुलिस ने आवेदन दिया जिसे अदालन ने स्वीकृत करते हुये प्रोडक्शन वारंट जारी किया है गौरतलब है कि इस चर्चित हत्याकांड में पुलिस ने ऋतु राज को पिछले दिनों गिरफ्तार किया था

इंटरमीडिएट परीक्षा के दसवें दिन कल कदाचार के आरोप में दस परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया सबसे अधिक रोहतास और भागलपुर जिले से तीन तीन परीक्षार्थी निष्कासित किये गये हैं सीवान जिले की पॉस्को अदालत ने दुष्कर्म एक मामले में दोषी ठहराये गये जीशान अली को दस वर्ष कारावास और तेरह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है नालंदा जिले के सारे थाना क्षेत्र के हरगांवा गांव में आपसी विवाद में दो लोगों की हत्या कर दी गई सूपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र में लूट के दौरान एक व्यवसायी की हत्या के मामले में पुलिस ने अंतरजिला गिरोह के चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है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 हिन्दुस्तान ने लिखा है हवाई यात्रा महंगी किराये में तीस प्रतिशत तक वृद्धि दैनिक भास्कर लिखता है पचास साल पार के सत्ताईस करोड़ लोगों को भी मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की तैयारी दैनिक जागरण ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है किसी को एक इंच जमीन न दी और न देंगे प्रभात खबर की सुर्खी है सत्ताईस जून को यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा राष्ट्रीय सहारा ने सूचना प्राद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद के बयान को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुये लिखा है सोशल मीडिया के दुरूपयोग पर सरकार बरतेगी सख्ती दैनिक आज की सुर्खी है सउदी अरब ने भारत सहित बीस देशों से आने वालों पर बैन लगाया इसके अलावा सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात से जुड़ी खबरों को पहले पन्ने पर स्थान दिया है

प्रदेश में अब तक चार लाख अड़तालीस हजार से अधिक लोगों को दिये जा चुके हैं कोविड के टीके